कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रायपुर जिले में बाईस जुलाई से तो वहीं दुर्ग जिले में तेईस जुलाई से लगेगा लॉकडाउन बीजापुर जिले से छह माओवादी गिरफ्तार किए गए वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर आज प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि गोधन न्याय योजना प्रदेश में कल से गोधन न्याय योजना शुरू होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दुर्ग जिले के सिकोला गांव में इस योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए मंत्रियों संसदीय सचिवों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए प्रभारी बनाया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय रायपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साह गरियाबंद आबकारी मंत्री कवासी लखमा महासमुंद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार भाटापारा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार कांकेर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रभारी बनाए गए हैं वहीं संसदीय सचिवों और विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है रायपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन इस योजना की शुरूआत करेंगे इस दौरान जिले के गौठानो में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी वहीं जिले के स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों और गौठानो में करीब डेढ़ लाख पौधों का रोपण भी किया जाएगा निषेधाज्ञा कलेक्टर अधिकृत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया है कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए महामारी अधिनियम तथा धारा एक सौ चवालीस के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकेंगे इससे ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त रखा जाएगा निषेधाज्ञा आदेश लागू करने के पहले तीन दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाएगा इससे लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में परेशानी नहीं होगी यह निषेधाज्ञा सात दिनों की रहेगी और इस दौरान स्वास्थ्य पेयजल आपूर्ति साफ सफाई बिजली और अग्नि शमन की सेवाएं पूरी तरह जारी रहेगी निषेधाज्ञा के दौरान कारखानों या निर्माण इकाइयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी इस दौरान कामगारों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर इलाज और अस्पताल का खर्च संबंधित निर्माण इकाइयों को उठाना होगा इसके अलावा पेट्रोल पम्प अस्पताल क्लीनिक पशु चिकित्सा सेवाएं दवाई दुकान दूध और सब्जी की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवहन की अनुमति रात के समय दी जाएगी इस दौरान मास्क पहनना और आपसी दूरी का पालन करना जरूरी होगा लॉकडाउन निर्देश रायपुर जिले में बाईस से अट्ठाईस जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन रहेगा कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कल रात इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान किराना सब्जी फल और दूध की खरीदारी सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक की जा सकेगी वहीं पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी दवा दुकान और अस्पताल को इस लॉकडाउन से अलग रखा गया है कलेक्टर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में धारा एक सौ चवालीस लागू कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा उधर दुर्ग कलेक्टर ने तेईस से उनतीस जुलाई तक जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है वहीं रायगढ़ जिले में बाईस जुलाई से दुकानों के खुलने का समय शाम छह बजे तक रहेगा इसके साथ ही रविवार की जगह बुधवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने जिले में लॉकडाउन के संबंध में आज अधिकारियों से चर्चा की उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में जारी निर्देशों का सभी नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है ऐसा नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में सभी दुकानें शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी सरकारी दफ्तर दिशा निर्देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान सरकारी दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के एक तिहाई कर्मचारियों को ही उपस्थित होने को कहा जाएगा इसके लिए बारी बारी से सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाए वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पहले की तरह ही दफ्तरों में अपना कार्य करेंगे यह आदेश प्रभावित क्षेत्र की सीमा में रिथित सरकारी निगम मंडल आयोग और अन्य इकाइयों पर भी लागू होगा इन सभी सरकारी दफ्तरों और अन्य इकाइयों में बाहरी आगंतुकों को कार्यालय प्रमुख की अनुमति से ही प्रवेश दिया जा सकेगा इन सभी सरकारी दफ्तरों में मास्क लगाने के साथ ही आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा सभी दफ्तरों में सेनेटाईजेशन और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी कोरोना प्रदेश स्थिति प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद यहां इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर बना हुआ है आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर सभी पड़ोसी राज्यों से बेहतर है यहां सत्तर प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं मृत्युदर के मामले में भी छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर है यहां मृत्युदर केवल शून्य दशमलव चार आठ प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के राजनांदगांव बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों के आरटीपीसीआर लैब में अगले आठ दस दिनों में जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी साथ ही बीस नई जगहों पर भी ट्र नाट मशीनों से अगले दो हफ्तों में सैंपल जांच का काम शुरू हो जाएगा उन्होंने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग भी की जा रही है प्रदेश में अभी तक करीब दो लाख उनतालीस हजार सैंपल की जांच की जा चुकी है इनमें पांच हजार दो सौ छियालीस सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं वहीं तीन हजार छह सौ अंठावन लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार पांच सौ चौंसठ है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 दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केन्द्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष साझा उपयोग क्षेत्र या खाली पलैट में बनाए जा सकेंगे

बस्तर संभाग में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार तैंतालीस कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है अकेले बस्तर जिले में आज कोरोना से संक्रमित छब्बीस मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग जिले में आज सात कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इसके अलावा सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित इक्कीस मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है इनमें से उन्नीस अंबिकापुर और दो लुण्ड्रा के हैं वहीं कोंडागांव के बयानार में आज एक युवक कोरोना पॉजीटिव मिला है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में आज अब तक कुल चार कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं जिले के चांपा नगर में आरपीएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है इसके बाद चांपा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी थाने को सील कर दिया गया है कौशिक बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम है इस पूरे मामले पर कोई ठोस नीति नहीं बनाए जाने के कारण राज्य सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से असफल साबित हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब तक लॉकडाउन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है इसलिए हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं श्री कौशिक ने प्रदेश के मंत्रियों पर भी सार्वजनिक स्थानों पर आपसी दूरी का पालन नहीं करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना को लेकर कठोर फैसले लेने की जरूरत है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में पुलिस ने छह माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है आरोप है कि इन माओवादियों ने बीते तीन जुलाई को वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा परचेली गांव के सात ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है इन सभी ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है दुर्ग थप्पड आत्महत्या दुर्ग जिले की चरोदा निवासी एक महिला द्वारा बीते दिनों आत्महत्या किए जाने के मामले में जिले की ही एक महिला उप पुलिस अधीक्षक और उनकी मित्र के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है आरोप है कि उप पुलिस अधीक्षक ने अपनी सहेली के साथ चरोदा के आदर्श नगर इलाके में रहने वाली चालीस वर्षीय महिला के साथ मारपीट की थी इस घटना के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली थी इस मामले को लेकर चरोदा के स्थानीय लोगों ने चक्काजाम और प्रदर्शन भी किया था जिसके बाद डीएसपी और उनकी सहेली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है फिलहाल आरोपी महिला डीएसपी फरार बताई जा रही है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 ठगी दुर्ग जिले में जमीन खरीदी के नाम पर छब्बीस लाख रूपये की ठगी का मामला सामने आया है इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने फर्जी इकरारनामा बनाकर आवेदक की रिसाली स्थित जमीन का सौदा कराया था इसके एवज में वह छब्बीस लाख रूपये लेकर फरार हो गया वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने पेंशन खाते को अपडेट करने का झांसा देकर सेवानिवृत्त सहायक उप पुलिस निरीक्षक के खाते से ऑनलाइन ठगी कर उन्नीस लाख रूपये निकाल लिए हैं सरपंच राशि गबन बलरामपुर जिले में हरिगवां ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत के सीईओ ने एफआईआर दर्ज करायी है सरपंच के खिलाफ शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यो में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्होंने विभागीय जांच कराई थी जांच में हरिगवां के सरपंच और सचिव द्वारा करीब तीस लाख रूपये का गबन प्रमाणित होने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर बघेल को श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर बघेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में डॉक्टर बघेल की निर्णायक भूमिका रही उनके प्रभाव ने सैकड़ों युवाओं को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा डॉक्टर बघेल रचनात्मक कार्य और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बघेल के छत्तीसगढ़ के लिए किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा हरेली पर्व छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति पर केन्द्रित लोकपर्व हरेली कल प्रदेशभर में मनाया जाएगा सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की प्रजा करते हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व पर किसान अपने कृषि उपकरणों और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करते हैं वहीं डॉक्टर मंहत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों की प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को प्रकट करता है इस बीच हरेली पर्व पर प्रदेशभर के गौठानों में वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश के चार सौ आठ गौठानों में दो लाख चौरासी हजार पौधों का रोपण किया जाएगा वन मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में फलदार और लघ् वनोपज पर आधारित पौधों को शामिल किया गया है इस बीच अंधश्रद्वा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी समिति हरेली पर्व पर अंधविश्वास के खिलाफ विशेष जनजागरण अभियान चलाएगी इस दौरान विभिन्न गांवों में टोनही प्रताड़ना के विरोध में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी

संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए चयनित स्थल का पिछले दिनों निरीक्षण किया नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान तथा ट्राईबल म्यूजियम के सामने लगभग दस एकड़ क्षेत्र में इस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा इस संग्रहालय में शहीद वीरनारायण सिंह के स्वतंत्रता संग्राम में दिए उनके योगदान सहित सम्पूर्ण जीवनवृत्त का चित्रण किया जाएगा वहीं रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के संग्रहालय में अब आदिवासी समुदाय की कला संस्कृति और जनजीवन से जुड़ी सामग्री की झलक देखने को मिलेगी आदिवासी समाज द्वारा पिछले दिनों आयोजित एक बैठक में समाज के प्रमुखों ने पुरातात्विक महत्व और आदिवासीजनों द्वारा दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जानी वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी आदिवासी संस्कृति की धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से इस संस्थान को जनजाति सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है बैठक में बताया गया कि रायपुर स्थित संस्थान में सुकमा जिले में निवासरत् जनजातियों के साहित्य पारंपरिक तकनीक विवाह संस्कार और धार्मिक आस्था तथा घोटूल संस्कृति को खासतौर पर प्रदर्शित किया जाएगा संक्षिप्त समाचार रायगढ़ जिले के एक होटल में क्वारेंटाइन किए गए व्यक्ति और होटल संचालक के खिलाफ क्वारेंटाइन नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है बलरामपुर जिले के राजपुर पस्ता डौरा चौकी अंतर्गत एक गांव में बीती रात आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी